पार्टी ने इसे गौरव संकल्प पत्र का नाम दिया है

मुख्यमंत्री ने गौरव संकल्प पत्र में शामिल प्रावधानों का जिक करते हुए महिला युवा और किसानों के लिये कई प्रावधानों की घोषणा की इनमें किसानों को पांच साल में एक लाख करोड़ के सहकारी ऋण देने हर संभाग में ऋण राहत आयोग की बैंच स्थापित करने एमएसपी की प्रक्रिया को सरल बनाने और हर जिले में योग भवन बनाने की घोषणा शामिल है

माजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जहां राज्य में चार जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश के आठ जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे इससे पहले सचिन पायलट ने आज उदयपुर में मीडिया से बातचीत में भाजपा पर विभिन्न मुद्दो को लेकर कटाक्ष किया

आज झालावाड में इसी के तहत वोट बारात थीम के आधार पर रैली निकाली जायेगी जिसमें गायेंगे बजायेंगे वोट डालने जायेंगे का संदेश दिया जायेगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां के लोगो में निर्वाचन के प्रति पूरी जागरूकता देखी जा रही है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी हैं श्री अरोडा दो दिसम्बर को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत के स्थान पर काम संभालेंगे

गौरतलब है कि श्री अरोडा राजस्थान कैडर के आई ए एस अफसर रहे है

भाखडा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की चंडीगढ में हुई बैठक में तय हुए पानी की मात्रा को अनुमोदन मिल गया है

इस अवसर पर आयोजित समारोह में लगभग एक हजार एक सौ कलाकारों के साथ शाहरुख खान और माध्री दीक्षित तथा संगीतकार एआर रहमान अपनी प्रस्तुतियां देंगे टूर्नामेंट में मुकाबले कल से शुरू होंगे

भारत को बेल्जियम कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल सी में रखा गया है दो बार के मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में और पाकिस्तान पूल डी में है भारत अपना शुरूआती मैच कल सुबह दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा